यह देश का पांचवां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है

प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों से स्वेच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत भी करेंगे

मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश में शासकीय सेवाओं में प्रदेश के ही विद्यार्थियों को लिया जायेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में ये घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक वैधानिक प्रावधान किये जायेंगे वीडियों कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी मंत्रियों मुख्य सचिव विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों से चर्चा करते हुए कहा कि समुद्ध मध्यप्रदेश के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये जायें

श्री चौहान ने ग्लोबल स्किल पार्क के विकास के संबंध में भी आवश्यक प्रकियाओं को पूरा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने अमरकटक सर्किट रामायण सर्किट तीर्थंकर सर्किट नर्मदा परिकमा डायमंड टूर साड़ी मेकिंग टूर को बढ़ावा देने और चित्रकूट से अमरकंटक तक रामवनगमन पथ के विकास बफर में सफर योजना के संबंध में निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि आदतन अपराधियों ड्रग्स और चिटफंड में लगे अपराधियों और किसी भी तरह के माफिया के विरूद्ध सख्त कदम उठाये जायें

गौरतलब है कि इस सर्वेक्षण के आधार पर जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने की कार्य योजना बनाई जाएगी

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि सांवेर क्षेत्र को यह योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत की गई है इसके पूर्ण होने ने योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों में पेयजल की समस्या समाप्त हो जाएगी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और संदेश देने को कहा है

नमो एप फोरम या माईजीओवी पर भी सुझाव और संदेश भेजे जा सकते हैं

मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है नर्मदा तवा सहित कई नदियां और नाले ऊफान पर हैं राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में रूक रूकर बारिश हो रही है

मंडला महाराजपुर के स्थित बड़े पूल से आवागमन रोका गया है भारी वाहनों को छोड़कर बाकी वाहनों की आवाजाही पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी में हो रही है कलेक्टर हर्षिता सिंह ने कल बताया कि मंडला में नर्मदा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है मौसम विभाग ने आज जबलपुर और सागर संभागों के कई जिलों और विदिशा रायसेन जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है वहीं रीवा सतना अनुपप्र उमरिया डिंडौरी खंडवा खरगोन अलीराजपुर होशंगाबाद सीहोर बैतूल अशोकनगर शिवपुरी सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है